श्री मोदी ने यह पुरस्कार देश की जनता को समर्पित किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दक्षिण कोरिया का प्रतिष्ठित सोल शांति प्रस्कार से सम्मानित किया गया है सोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन की ओर से सोल में आयोजित भव्य समारोह में श्री मोदी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान और वैश्विक अर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पुरस्कार ग्रहण करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान भारत के आम लोगों के लिए है और पिछले पांच सालों में देश की उपलब्धियों और सफलता को दर्शता है श्री मोदी ने इस पुरस्कार के तहत मिली राशि नमामि गंगे परियोजना को दान कर दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अब समय आ गया है जब वैश्विक सम्रदाय को आतंकवाद के खिलाफ बोलने से ज्यादा मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए श्री मोदी सोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन के साथ मंत्रिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे

उच्चतम न्यायालय ने पुलवामा आतंकवादी हमले के परिप्रेक्ष्य में देश के विभिन्न हिस्सों में कश्मीरी लोगों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं और सामाजिक बहिष्कार पर रोक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और ग्यारह राज्यों को निर्देश जारी किये मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं से निपटने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी कश्मीरी लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न और हमलों के मामलों की भी निगरानी करेंगे शीर्ष अदालत ने इन नोडल अधिकारियों के बारे में विस्तृत जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार के इंतजाम करने के वास्ते गृह मंत्रालय को निर्देश दिया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसके तहत छह सौ जिलों के आठ हजार स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे श्री सहाय आज पटना में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की गतिविधियों और कार्यों की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे

उसके बारे में उनके क्या विचार है उनकी क्या प्रतिक्रिया है कितने लोग उन योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं उनका बेनीफिट्स उनको मिल रहा है इसके बारे में हम जानकारी देंगे बिहार में ये सात सौ सत्तर जगह पर कार्यक्रम होगा

संयुक्त सचिव ने कहा कि इस दौरान चित्र प्रदर्शनी और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी इसके अलावा योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर जमीनी हालात पर लोगों का फीडबैक भी लिया जायेगा श्री सहाय ने कहा कि बिहार में सात सौ सत्तर स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे केन्द्र सरकार ने इकतीस जनवरी को आयोजित आईटीआई की इंजीनियरिंग ड्राईंग परीक्षा रद्द कर दी है श्रम संसाधन विभाग ने परीक्षा केन्द्रों पर गड़बड़ियों की शिकायत के बाद केन्द्र को इस संबंध में अनुशंसा भेजी थी परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले केन्द्रों से भी जवाब तलब किया गया है रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित छह दोषियों को पांच पांच साल कारावास की सजा सुनायी है इलियास हुसैन के साथ ही उसके तत्कालीन सचिव शहाबुद्दीन बेग और परिवहन विभाग के तत्कालीन निदेशक केदार पासवान को भी जेल की सजा सुनायी गयी है वहीं अलकतरा आपूर्तिकर्ता डी एन सिंह पर अस्सी लाख जबकि अन्य दोषियों को बीस बीस लाख रुपये का जुर्माना आरोपित गया है यह मामला झारखंड के चतरा जिले से जुड़ा है वर्ष उन्नीस सौ संतानवे में तीन सौ पचहत्तर मीट्रिक टन अलकतरा का गबन कर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की हेराफेरी की गयी थी मुजफ्फरपुर बालिका गृह को तोड़ने का काम एकबार फिर शुरू हो गया है पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने बालिका गृह तोड़ने पर रोक लगाते हुए नगर निगम को मकान मालिक का पक्ष सुनने को कहा था सुनवाई के बाद नगर निगम ने इस भवन को पूरी तरह अवैध बताते हुए तोड़ने का आदेश जारी किया था मुंगेर में संचालित बाल गृह और अल्पावास गृह शोषण मामले में सीबीआई ने संचालकों और कई विभागीय अधिकारियों से पूछताछ की है जांच टीम ने कई दस्तावेज भी जब्त किये हैं मौसम विभाग ने पच्चीस छब्बीस और सताईस फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और स्थिति पर नजर रखने को कहा है विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि पूरी सतर्कता बरती जा रही है और लोगों के बीच इसके बारे में पूर्व सूचना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि एनडीए सरकार गरीबों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है श्री नड्डा आज बक्सर में स्वास्थ्य कुंभ के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने लगी है समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोगों से जीवन में स्वच्छता अपनाने की अपील की स्वास्थ्य क्रंभ में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनता दल पर परिवारवाद भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है श्री राय ने कहा कि दिल्ली एयर पोर्ट पर राजद विधायक चन्द्रशेखर का कारतूस के साथ गिरफ्तार होना यह दिखाता है कि राजद के नेता कानून से खिलवाड़ करते हैं उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी शासनकाल के बाद एनडीए सरकार ने बहुत मुश्किल से बिहार की शासन व्यवस्था को पटरी पर लाया लेकिन राजद के रवैये में कोई अंतर नहीं दिख रहा है

इन शिविरों में नये मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ साथ त्रुटियों में सुधार के लिए निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन लिये जायेंगे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी चौवन कृषि बाजार समितियों को पुनर्जीवित किया जायेगा श्री कुमार आज बेगूसराय में बाजार समिति प्रांगण के जीर्णोंद्वार कार्य के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे जल संसाधन विभाग की मोबाईल ट्रैकिंग में बिहार के कुल तेरह अभियंता ड्यूटी से गायब पाये गये हैं इनमें एक मुख्य अभियंता दो अधीक्षण अभियंता और दस कार्यपालक अभियंता शामिल हैं विभाग ने इन अधिकारियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है औरंगाबाद शहर में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के सम्मान में आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गयी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित इस यात्रा में एक हजार मीटर लंबा तिरंगा लिए हजारों लोग शहर के मुख्य मार्ग से गुजरे और शहीदों के प्रति सम्मान जताया चौंसठवीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता आज से पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में शुरू हो गयी प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कबड्डी खो खो और फुटबॉल जैसे खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है

पटना की एक त्वरित अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के ग्यारह साल पुराने एक मामले में दोषी शत्रुघ्न राम को उसकी मृत्यु होने तक सश्रम कारावास की सजा सुनायी कटिहार जिले के कुर्सला थाना क्षेत्र स्थित कुर्सला बस्ती में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को दस किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है अररिया जिले के बट्रबाड़ी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध राशि वसूलने के मामले में वार्ड सदस्य जुबेर आलम सहित तीन पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है

श्री मोदी ने यह पुरस्कार देश की जनता को समर्पित किया